कोरोना समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से निपटने के लिये प्रदेश के मेडीकल कॉलेजों और जिला चिकित्सालयों की क्षमताएं बढ़ाने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभागवार कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि कोरोना से मृत्युदर कम करने के लिये शासन प्रशासन चिकित्सक पेरामेडिकल स्टाफ और जनता को मिलकर काम करना होगा उन्होंने कहा कि कोरोना संभावित व्यक्तियों की जल्द पहचान और उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना ही बचाव और उपचार का श्रेष्ठ उपाय है श्री चौहान ने कहा कि अस्पतालों में गंभीर मरीजों का उपचार ठीक से हो इसके लिये सामान्य लक्षण वाले मरीजों को घर में ही क्वारेंटाइन के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

इस दौरान लोगों को कोरोना से बचाव और इसके लिये दूसरे लोगों को भी जागरूक करने के लिये प्रेरित किया जाएगा पीएम उदघाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज चेन्नई में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मुख्य भू भाग से जोड़ने वाली समुद्र में बिछी दूर संचार केबल प्रणाली की शुरूआत करेंगे वे नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये देश की सबसे लंबी केबल प्रणाली राष्ट्र को समर्पित करेंगे

इस केबल प्रणाली के शुरू होने से न केवल अंडमान और निकोबार बल्कि समीवर्ती क्षेत्रों में संचार सुविधा मजबूत होगी वहीं रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा

नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हए बताया कि इस दौरान शहरों में साफ सफाई और कचरा प्रबंधन को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही स्वच्छता के लिये लोगों को शपथ भी दिलाई जाएगी वहीं बस्तियों और मोहल्लो में स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से सफाई को लेकर नागरिकों से चर्चा भी की जाएगी श्री सिंह ने बताया कि इस पूरे पखवाड़े में जागरूकता गतिविधियां परिचर्चाओं का आयोजन होगा और श्रमदान भी किया जाएगा स्वच्छता सप्ताह स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में रेल मंत्रालय आज से देश व्यापी स्वच्छता सप्ताह शुरू कर रहा है इस दौरान रेलवे लाइनों स्टेशनों कार्यालयों आवासीय बस्तियों और उनके आस पास सफाई अभियान चलाएगा रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कोरोना संकमण के चलते रेल लाइनों पर यात्री रेलगाड़ियों की संख्या कम है इसलिये ऐसे समय का उपयोग रेल लाइनों को साफ करने के लिये किया जाएगा इस दौरान एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा इसके जरिए रेलवे के कर्मचारी यात्रियों से रेलवे स्टेशन रेल लाइनों और शौचालय को साफ रखने का अनुरोध भी करेंगे वेबनार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उठाए जाने वाले कदमों पर विचार विमर्श के लिये आज एक वेबनार का आयोजन किया जा रहा है केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इस वेबनार का उद्घाटन करेंगे जबकि केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन समापन सत्र में शामिल होंगे

दिशा निर्देश कोरोना से बचाव के लिये गृह विभाग ने नये सिरे से दिशा निर्देश जारी किये हैं इनके मुताबिक किसी भी धार्मिक कार्य व त्यौहारों का सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन नहीं किया जाएगा इसके साथ ही धार्मिक जुलूस और रैलियां नहीं निकाली जाएंगी मूर्ती ताजिए और झांकी आदि भी स्थापित नहीं किये जा सकेंगे

स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन भी शासन द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप ही की जाए

वहीं दूसरी ओर स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है

जिले में अब तक एक हजार से अधिक लोग संकमण से मुक्त हो चुके हैं

मौसम बंगाल की खाड़ी में ऊपरी हवा का चकवात बनने और इसके कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाने से प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में बारिश का दौर जारी है राजधानी भोपाल सहित आसपास के क्षेत्रों में आज बादल छाये हुए हैं और कुछ स्थानों पर हल्कि बारिश भी हुई है

इस बारे में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है वहीं चंबल ग्वालियर व शहडोल संभागों और सिवनी मंडला बालाघाट जिलों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है

इसके लिये ऑनलाइन बुकिंग करवाना होगा